राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुमला के विषुनपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे विकास भारती द्वारा अयोजित इस कार्यक्रम में वे जनजातीय संस्कृति और उसके विकास के लिए कृषि पर्यावरण जल वैकल्पिक उर्जा देषज तकनीक के साथ कौषल विकास स्वास्थ्य और जनजातीय बच्चों के षिक्षा के लिए किये जा रहे कार्यों का अवलोकन करेंगे इस मौके पर वे टानाभगतों जनजातीय समुदायों और स्वावलंबी युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे इससे पहले कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रांची रिथत केन्द्रीय विष्वविद्यालय झारखंड के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए युवाओं से ज्ञान बुद्धि और कौषल को निरंतर प्रासंगिक बनाये रखने को कहा राष्ट्रपति ने विष्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी सोषल रिसपांसब्लिटी का दायित्व निभाने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि सामाजिक विकास के लिए महिला सषक्तिकरण सबसे जरूरी है और इसका सबसे सषक्त माध्यम षिक्षा सषक्तिकरण है राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है युवतियां इन योजनाओं का लाभ उठाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन यापन करने और स्वस्थ्य परंपराओं को जीवित रखने की षिक्षा आदिवासी समुदाय से मिलती है युवा पीढ़ी को चाहिए कि वे आदिवासी समुदाय से सीख ले और समग्र विकास के लिए पूरी संवेदनषीलता के साथ अपना योगदान दें राष्ट्रपति ने पहले दीक्षांत समारोह आयोजित करने के लिए विष्वविद्यालय को बधाई दी और विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं इस मौके पर राज्यपाल द्रौपद्री मुर्मू समेत विष्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी मौजूद थे झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो गया पहले दिन वित्त मंत्री रामेष्वर उरांव की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बारह सौ सोलह करोड़ रूपये का तृतीय अनुपूरक बजट पेष किया इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता नहीं दिये जाने पर भाजपा विधायकों ने नारेबाजी और हंगामा षुरू कर दिया इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप हुए षोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने अपना भाषण पूरा किया सदन में शोक प्रस्ताव के माध्यम से दिवंगतों के प्रति श्रद्वांजलि दी गयी और सदन की कार्रवाही सोमवार सवेरे ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर नागरिकता संशोधन कानून के बारे में भ्रम की स्थिति बनाने का आरोप लगाया है कल भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हए उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस कानून से किसी भी मुस्लिम या अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं जाएगी उन्होंने कहा कि यह कानून नागरिकता देने के लिए बनाया गया है

ओडिसा के मुख्यमंत्री और इस परिषद के उपाध्यक्ष नवीन पटनायक ने पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की सम्मेलन की अध्यक्षता गृहमंत्री ने की श्री पटनायक के अलावा केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और प्रताप चन्द्र षड़ंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी सम्मेलन में भाग लिया केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कृषि वैज्ञानिकों से छोटे किसानों तक पहुंच बनाने की अपील की है नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कृषि केन्द्रों को न केवल समृद्ध संपन्न और प्रगतिशील किसानों बल्कि वंचित और छोटे किसानों पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए

जल्द ही अगली किष्त किसानों के खाते में आयेगी भारत ने जापान और दक्षिण कोरिया के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा सुविधा अस्थाायी रूप से स्थागित कर दी है

इस महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिलेगी भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड और केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित होनेवाले इस कार्यक्रम का उदघाटन जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे इस महोत्सव में झारखंड समेत देषभर से लगभग चार सौ जनजातीय कलाकार शामिल होंगे इस महोत्सव में जनजातीय संस्कृति हस्तकला वाणिज्य उत्सव और नृत्य समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा

इस मैच में टॉस जीतने के बाद न्यूजीलैंड ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे